प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका की बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से व्यापार के लिए अनुकूल भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया है श्री मोदी ने उनसे अनुरोध किया कि वे चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर पूरे विश्व के लिए समाधान निकालने के लिए स्टार्ट अप इंडिया के अनूठे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाएं

उन्होंने किसानों और खेती से जुड़े लोगों के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने वाली सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के कारोबार को बढ़ाने पर भी जोर दिया

आर्मीनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान के साथ मुलाकात में श्री मोदी ने दोनों दशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया

श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डर्न और बेल्जियम के प्रधानमंत्री चार्ल्स माइकल से मुलाकात के दौरान आपसी निवेश और व्यापार समझौता जल्दी करने तथा आतंकवाद क विरुद्ध संघर्ष बहुपक्षीय संस्थानों और प्रवास तथा गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की श्री मोदी ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति से भी विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल न्यूयॉर्क में कैरिबियाई देशों के नेताओं से मुलाकात की यह न्यूयॉर्क में पहला भारत कैरिबियाई नेता शिखर सम्मेलन था जिसमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के साथ ही इस समूह में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली में मानवता और सामाजिक विकास के लिए अध्यात्म विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया राष्टपति ने कहा कि सत्य और अहिंसा का महात्मा गांधी का दर्शन पूरे विश्व के लिए लाभदायक है विश्व में शांति एवं अहिंसा स्थापित करने के लिए आध्यात्मिक मूल्यों का प्रचार प्रसार बहुत अनिवार्य है इस तथ्य को महात्मा गांधीजी ने गहराई से समझा था उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि सत्य अहिंसा शांति और सद्भाव पर आधारित व्यवस्थाओं के बल पर ही मानव समाज का उत्थान संभव है गांधी जी के ये विचार आज भी प्रासंगिक हैं और सदैव प्रासंगिक रहेंगे

उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस अवसर पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर थॉवर चंद गहलोत और अहिंसा विश्व भारती के अध्यक्ष आचार्य लोकेश भी मौजूद थे केन्द्र ने देश की एकता और अखण्डता में योगदान देने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार की शुरूआत की है यह पुरस्कार राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने और उल्लेखनीय तथा प्रेरणादायक यागदान के लिए दिया जाएगा

ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित विराट सम्मेलन म यह घोषणा करेंगे

शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट एएसआई पर अपनी बहस जल्द ही पूरी कर लें न्यायालय ने कहा कि अक्तूबर में छुट्टियां पड़ रही हैं और चार हिन्दु पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युत्तर पेश करने की अनुमति दी जाएगी

उनके वकील ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट के सारांश को चूनौती नहीं देना चाहते मुस्लिम पक्ष के वकील ने कल एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है परन्तु सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में महायोगी गोरखनाथ के प्रति लोगों में अपार आस्था है और उनकी साक्षात शिव के रूप में पूजा की जाती है

उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई प्रान्त नहीं है जहां गोरखनाथ की स्वीकारोक्ति न हो मुख्यमंत्री ने कहा कि गूरू गोरखनाथ ही नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे उनकी मान्यता भारत के साथ साथ भूटान नेपाल तथा म्यांमार में भी है उन्होंने कहा कि देवी पाटन में नाथ सम्प्रदाय का मंदिर है जहां आज भी वासंतिक नवरात्रि के अवसर पर नेपाल से हजारों श्रद्वालु आते हैं महायोगी गोरखनाथ पर केन्द्रित तीन दिवसीय संगोष्ठी के पहले दिन आज केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी अपने विचार रखे प्रदेश में कुछ स्थानों पर सुबह से रूक रूक कर हो रही तेज और रिमझिम बारिश के चलते जगह जगह जलभराव होने से लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है लखनऊ कुशीनगर हमीरपुर सिद्वार्थनगर मिर्जापुर आजमगढ़ कन्नौज भदोही जौनपुर और कौशाम्बी में सुबह से लगातार हो रही रिमझिम वर्षा का क्रम जारी है वर्षा से बिजली आपूर्ति बाधित होने और सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है राजधानी लखनऊ में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के चलते जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देश पर कक्षा बारह तक के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है उधर चित्रकूट में बारिश के चलते आज जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया था

मौसम विभाग ने अभी दो तीन दिन तक इसी तरह का मौसम और रूक रूक का वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वर्षा के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है भारतीय रिजर्व बैंक ने सोशल मीडिया पर फैली उन अफवाहों का सख्ती से खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक कुछ वाणिज्यिक बैंकों को बंद करने जा रहा है एक ट्वीट में रिजर्व बैंक ने इन खबरों को गलत बताया है वित्त मंत्रालय ने भी रिजर्व बैंक द्वारा कुछ बैंकों को बंद करने की सोशल मीडिया में फैली अफवाहों का खंडन किया है हमीरपुर सदर विधानसभा उप चुनाव की मतगणना कल सुबह सात बजे से शुरू होगी इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हमीरपुर सदर विधानसभा की रिक्त सीट पर गत तेईस सितम्बर को मतदान कराया गया था यह सीट भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद रिक्त हुई थी भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौं उम्मीदवार चुनाव मैदान में है केन्द्रीय सूक्ष्मू लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नितिन गडकरी ने खादी डिजाइन को आकर्षक अत्याधुनिक और वैश्विक ब्रैंड बनाने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि खादी की परम्परा और इसका उत्पादन बढ़ाकर बिक्री पर विशेष जोर देना चाहिए नई दिल्ली में प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजाइन और उत्पाद विकास केन्द्र पर विचार विमर्श में गडकरी ने कहा कि देश के युवाओं में खादी को लोकप्रिय बनाने की जरूरत है प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है लखनऊ में संस्कृति विभाग द्वारा एक अक्टूबर को अवध शिल्पग्राम में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा जिसमें राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करेंगे